गुरूनानक जयंती प्रदेशभर में आस्था पूर्वक मनाई जा रही है गुरूद्वारों में हो रहे है विशेष कार्यक्रम

कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय और बहुकोणीय बनता नजर आ रहा है कांग्रेस और भाजपा के कई बागी उम्मीदवार अब भी मैदान में जमे हुए है भाजपा में मंत्री सुरेन्द्र गोयल हेमसिंह भडाना राजकुमार रिणवा और धनसिंह रावत ने मैदान नहीं छोडा है और निर्दलीय लड रहे है

इनमें तीन मंत्री भी शामिल है वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री महादेव सिंह खण्डेला बाबूलाल नागर और रामकेश मीणा कांग्रेस के लिये परोशनी का सबब बने हुए है इधर नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव अभियान भी गति पकड़ने लगा है कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता आज से सघन चुनाव प्रचार अभियान पर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश में कई स्थानों पर जनसभाएं करेंगे

वे कुल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की पहली सभा रविवार को अलवर में होगी सोमवार को श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम तथा कोटा में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी सोमवार को अजमेर पोकरण तथा अन्य स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे

जिला कलेक्टर सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि प्रत्याशी अपनी इच्छित साइट के अनुसार आवेदन करें एक साइट पर एक से अधिक आवेदन आने पर निर्णय लॉटरी से किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सभा रैली प्रचार प्रसार वाहन सहित अन्य अधिकृत सूची में उल्लेखित विषयों के ऊपर होने वाला व्यय प्रत्याशी के खाते में दर्ज होगा प्रत्याशी इसे खोले गए रजिस्टर में रोजाना उल्लेखित करते हुए इन पर हुए व्यय के बारे में जानकारी संधारित करेगा

इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के वाहनों को चुनाव प्रचार करने सामग्री उपयोग के लिए अलग अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे इन परमिटों से वाहनों की पहचान हो सकेगी

कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विधानसभा में मुद्दे उठाने थे जयपुर में कल संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस न केवल नेतृत्वहीन है बल्कि उसके पास कोई मुददा भी नहीं है श्री जावडेकर ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सुची में राजबब्बर और अल्पेश ठाक्र का नाम शामिल करने पर आपत्ति जताई

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि शी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार होने वाली महिलाओं को त्वरित राहत देने की दिशा में किया गया एक प्रयास है इस पोर्टल को केंद्र और राज्य सरकारों के पोर्टल से जोड़ने से अब जो भी शिकायत पोर्टल पर दर्ज होगी वह सीधे पीड़िता के विभाग को भेजी जा सकेगी इस पोर्टल पर मंत्रालय के अलावा शिकायतकर्ता भी जांच की प्रगति पर निगरानी रख पायेंगे मंत्रालय ने मी ट्र अभियान के परिप्रेक्ष्य में यह शुरूआत की है

इस मौके पर गुरूद्वारों में विशेष दीवान सजाया गया है और विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे है जयपुर के राजापार्क में गुरूद्वारे में मुख्य कार्यक्रम हो रहा है सुबह चार बजे से ही सुखमणी साहिब के साथ नितनेम पाठ शुरू हो गये है

आज कार्तिक पूर्णिमा का महा स्नान हो रहा है